इनमें संयुक्त आयुक्तं रैंक का एक अधिकारी भी शामिल हैं सूत्रों के अनुसार संयुक्त आयुक्त के खिलाफ भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के गम्भीर आरोप थे सूची में नोएडा में आयुक्त अपील के पद पर तैनात भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी का भी नाम है जिसपर दो महिला आईआरएस अधिकारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप है अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किए गए एक अन्य आईआरएस अधिकारी ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम से तीन करोड़ रूपये से अधिक की चल अचल सम्पत्ति अर्जित की थी

उन्होंने कहा कि इससे लोगों को देश को बेहतर बनाने में योगदान की प्रेरणा मिलेगी प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर केन्द्र सरकार के सभी सचिवों के साथ बातचीत की

उन्होंने मेक इन इंडिया पहल को महत्वपूर्ण बताते हुए इस संदर्भ में स्पष्ट प्रगति की आवश्यकता पर बल दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार को आसान बनाने में भारत की प्रगति छोटे कारोबार और उद्यमों के लिए अधिक से अधिक सुविधाओं और सुगमता में नजर आनी चाहिए उन्होंने प्रत्येक मंत्रालय से लोगों का जीवन सुगम बनाने पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा बातचीत के दौरान कई सचिवों ने प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया कृषि सूचना प्रौद्योगिकी पहलों शैक्षिक सुधार स्वास्थ्य देखभाल और औद्योगिक नीति सहित विभिन्न विषयों पर अपनी परिकल्पनाएं और विचार साझा किए बैठक में केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह अमित शाह निर्मला सीतारामन और डॉ जितेन्द्र सिंह भी मौजूद थे मंत्रिपरिषद बैठक मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज भोपाल में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई है लोकसभा चुनाव के बाद ये दूसरी बैठक है

वहीं प्रदेश के मूल निवासियों को आयुर्सीमा में दी जाने वाली छूट को जारी रखा जा सकता है बैठक में इसके अलावा नवगठित जिले निवाड़ी में कोषालय और लोकसेवा प्रबंधन के पद निर्माण का प्रस्ताव भी रखा जायेगा बताया जा रहा है कि मंत्रिपरिषद की बैठक में दस से अधिक प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है वहीं बैठक में मुख्यमंत्री बिजली पानी और कानून व्यवस्था पर मंत्रियों से फीडबैक भी लेंगे

इस दौरान श्री सिलावट ने अभियान दलों को दस्तक किट देकर कर गाँवों के लिये रवाना किया उन्होंने कहा कि कुपोषण और बीमारियों से बच्चों को आजादी दिलाने के लिये दस्तक अभियान को चुनौती के रूप में लेना है

अभियान के दौरान आशा और स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण की पहचान कर उनका त्वरित प्रबंधन करेंगे इससे बाल मृत्यु दर में प्रभावी कमी हो सकेगी प्रदेश के रीवा ग्वालियर सागर डिण्डोरी विदिशा अशोकनगर झाबुआ राजगढ़ सीहोर जबलपुर सहित अन्य जिलों से भी दस्तक अभियान के समाचार मिले हैं एयरपोर्ट लगेज हवाई यात्रियों के साथ यदि नियत सीमा से अधिक लगेज हो तो विमान कम्पनियां उसके लिए कई गुना दाम वसुलती है लेकिन इंदौर विमानतल पर अब ऐसी सुविधा शुरू हो गई है जिसमे यात्री अपना अतिरिक्त सामान एयरपोर्ट पर ही निजी कुरियर को सौंप सर्केगे और वह कुरियर सीधे यात्री के गंतव्य स्थान पर न्यूनतम दामों पर वह सामान पहुंचा देगी देश मे पहली बार इंदौर एयरपोर्ट पर इस सुविधा का विधिवत शुभारंभ इंदौर विमानतल निर्देशक अर्यमा सान्याल की उपस्थिति में सम्पन हुआ इसके तहत विमानतल पर ही डीटीडीसी कुरियर कंपनी का बुकिंग कार्यालय शुरू किया गया है जहाँ पर यात्री अपना अतिरिक्त लगेज बिना किसी परेशानी के बुक कर सकेंगे

उन्होंने कहा कि चूंकि यह सरकार बिजली कटौती से पीड़ित जनता की चीख पुकार नहीं सुन पा रही है इसलिए चिमनी यात्रा के साथ पार्टी ढोल नगाड़े लेकर भी चलेगे श्री सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश के हालात बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जहां सरकार पानी और बिजली जैसी समस्याओं पर भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाए कभी अधिकारियों को कोसती है तो कभी बिजली उपकरणों की गुणवत्ता पर प्रश्न खड़े करती है

वहीं नौगांव सतना ग्वालियर खजुराहो में तीव्र लू चली जबकि शेष प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर लू का प्रभाव रहा रीजीजू युवराज खेल मंत्री किरेन रीजीजू ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह की भरपूर प्रशंसा की और कहा कि वे हमेशा क्रिकेट के प्रतिमान बने रहेंगे श्री रीजीजू ने एक ट्वीट में कहा कि यूवराज सिंह ने भले ही स्पर्धात्मशक क्रिकेट से सन्या्स ने ले लिया है लेकिन वे प्रत्येक भारतीय और दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए हमेशा क्रिकेट के प्रतिमान बने रहेंगे

किकेट आईसीसी क्रिकेट विश्वकप में आज बांग्लादेश का मुकाबला श्रीलंका से होगा मैच भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे शुरू होगा इससे पहले कल साउथम्पटन में दक्षिण अफ्रीका और वेस्टजइंडीज के बीच मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया

इस दुर्घटना में मोटर साईकिल सवार तीन लोगो की घटना स्थल पर मौत हो गई